सिंधिया खेमें के मंत्रियों को परिवहन राजस्व जल संसाधन और स्वास्थ जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं तो वहीं पिछली शिवराज सरकार में शामिल रहे वरिष्ठ मंत्रियों को भी लोक निर्माण वित्त नगरीय प्रशासन और शिक्षा विभाग जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जनसम्पर्क समान्य प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास विभाग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास ही रखा है गोपाल भार्गव को लोक निर्माण और कुटीर ँ उद्योग भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री बनाया गया है यशोधराराजे सिंधिया को इस बार भी खेल विभाग के साथ तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ विधायक बिसाहू लाल सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है तो डॉक्टर प्रभुराम चौंधरी को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है नरोत्तम मिश्रा के पास अब गृह विभाग के अलावा जेल और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी होगी नए शामिल हुए मंत्रियों में उषा ठाकर को पर्यटन संस्कृति अध्यात्म विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो अरविंद भदौरिया को सहकारिता विभाग सौंपा गया है कृषि मंत्री का जिम्मा अभी तक कमल पटेल ही सम्भाल रहे थे आगे भी ये विभाग उन्हीं के पास रहेगा एन्दल सिंह कंषाना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गोविन्द सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन विजय शाह को वन वुजेन्द्र प्रताप सिंह को खनिज साधन एवं श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास महेन्द्र सिंह सिसौदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा प्रेमसिंह पटेल को पश्पालनसामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनकल्याण मंत्री बनाया गया है ओमप्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रोद्योगिकी डाक्टर मोहन यादव को उच्च शिक्षा हरदीप सिंह डंक नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है राज्य मंत्रियों में भारत सिंह कुशवाहा को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण इन्दर सिंह परमार को स्कूल शिक्षा रामखेलावन पटेल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण रामकिशोर कांवरे आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है वहीं वृजेन्द्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी गिरिराज दण्डोतिया किसान कल्याण तथा कृषि विकास सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग और ओपीएस भदौरिया नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री होंगे राजस्थान सरकार राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई उधर राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर बरकरार हैं हालांकि कांग्रेस की ओर से उन्हें मनाने की कोशिर्शे जारी हैं

मंदसौर में चार व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है

कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कर्मचारियों को आज से आगामी तीन दिन तक घर से ही काम करने के निर्देश दिये शिवपूरी में आज दूसरे दिन भी पूर्णबंदी जारी है

इसके तहत अब तक चार हजार पौधे लगाये जा चुके हैं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

नमस्कार